देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है

इससे पहले आज श्री गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जिलेवार कोरोना की स्थिति और जागरूकता अभियान को लेकर बैठक करेंगे

चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर एक्टिव सर्विलांस करेंगी और लोगो को कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक करेगी

श्री शर्मा ने कहा कि पॉजिटिव केसों की संख्या में प्रतिदिन बढोतरी हो रही है

उन्होंने कहा राजस्थान कोरोना रिकवरी के मामले में देशभर में पहले पायदान पर है इधर बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोरोना जांच के लिए कैम्प लगाये जायेंगे इन कैम्पों को लेकर जिले के स्वास्थ्य महकमे ने सभी तैयारी पूरी कर ली है हर क्षेत्र में कैम्पों की तारीख भी तय कर दी गई है

वे भरतपुर के उच्चैन सीएससी में कार्यरत थे

श्री शर्मा ने कहा कि इंसान की जिंदगी का कोई मोल नहीं होता लेकिन प्रोत्साहन राशि से परिजनों को थोडा संबल मिल जाता है

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण बहुत से लोग अपने परिजनों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं कर पा रहे थे ऐसे में आमजन की भावना को देखते हुए मोक्ष कलश यात्रा स्पेशल निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई

श्री अग्रवाल ने बताया कि राज्य की बीकानेरी भूजिया को विशिष्ट पहचान के कारण अंतर्राष्ट्रीय मानक जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त है वहीं उद्योग विभाग के आयुक्त मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में सीमेंट टैक्सटाइल्स पत्थर खाद्य तेल आटा बेसन दाल कैमिकल ग्लास जैसी अनेक बडी इकाईयों में उत्पादन शुरू हो गया है

इस वर्ष के अंतराष्ट्रीय योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग